बैठक में महामारी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की गई बैठक में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा भी लिया गया

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है

अब दो हजार सात सौ बियासी सकिय मरीज ही रह गए हैं

दो मरीज अन्य राज्यों के भी मिले हैं

श्री सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान महामारी अध्यादेश के साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है

अलवर जिले में हर साल निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार कोरोना संकमण को देखते हुए रद्द कर दी गई है

कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार कार्य समय पर पूरा नहीं कर रहे हैं उन पर दबाव बनाया जाए और यदि फिर भी कार्य प्रा नहीं हो तो अनुबंध रदद करने की कार्यवाही की जाए श्री यादव ने इंजीनियरों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीन जिलों में चल रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए फिल्ड विजिट करें

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को लेकर लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं

प्रदेशभर में इस मौके पर सरकार की गाइड लाइन का पालन करते हुए कई कार्यक्रम हो रहे हैं करौली के जिला अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है

कल दिनभर गर्मी के बाद राज्य के कई स्थानों पर बारिश हुई झालावाड जिले में कल कई स्थानों पर बारिश के समाचार हैं बरसात से मंडी में रखी किसानों की फसल भीग गई ब्रंदी में भी कई स्थानों पर तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया